इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसके लिये राज्य में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सारे परीक्षणों के बाद तैयार वैक्सीन कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन को हरी झंडी दी गई है जो सुरक्षित एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने में सक्षम हैं

कोरोना टीकाकरण के लिये स्वास्थ्यकर्मियों के पंजीयन का कार्य जारी है

मुख्यमंत्री ने कल उज्जैन दौरे में महाकाल में चल रहे निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश भी दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना से विस्थापित होने वाले व्यक्तियों दुकानदारों छोटे मोटे घंधे करने वाले व्यक्तियों का भी विशेष ध्यान रखा जाये उन्होंने योजना के विभिन्न घटकों का नामकरण उज्जैन की परम्परा एवं संस्कृति के आधार पर करने के लिये कहा मुख्यमंत्री ने रूद्रसागर में किये जा रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया

इसमें परियोजना स्वीकृति के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रस्तावों की अनुशंसा के लिए जिला स्तरीय समिति बनाई गई है

यह योजना कलस्टर एप्रोच के साथ एक जिला एक उत्पाद पर आधारित है

बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्यी मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की संसद सदस्य और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में बताया गया कि जिला निर्यात केन्द्रों की स्थापना नई विदेश व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण घटक होगा

उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई दुर्घटना को अत्यंत दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण बताया है दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं कमिश्नर ग्वालियर चंबल ने जांच दल बनाया है जिसने जांच प्रारंभ कर दी है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि घटना में प्रथम द ष्टया लापरवाही पाए जाने पर मुरैना के जिला आबकारी अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है